इस संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और आम लोग फेसबुक और यू ट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कोरोना को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण पेश किया संवाद मेँ देश के विख्यात चिकित्सक डॉ नरेश त्रिहान ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकमण के माइल्ड और मोडरेट लक्षण वाले मरीजों को ठीक होने के बाद भी ज्यादा समय तक सावधानी रखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक संकमण का शरीर पर असर रहता है इसलिए ऐहतिहात बरतें

कार्यकम में देश के विख्यात चिकित्सक सीधे प्रसारण के माध्यम से कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे हैं

इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा प्राधिकरणों को संवैधानकि दर्जा दिए जाने का भी प्रावधान है यह प्राधिकरण हैं नागरिक विमानन महानिदेशालय नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो प्रत्येक संस्था की अध्यक्षता महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेंगी विधेयक पेश करते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विधेयक में जुर्माने की मौजूदा अधिकतम दस लाख रूपए की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रूपए किया गया है केन्द्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है

उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट का विषय और पारी के आधार पर शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट कर कहा कि दूरदर्शन हमारे जीवन का भाग बन चुका है उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि दूरदर्शन लोकसेवा प्रसारक के रूप में निरंतर हमसे जुड़ा है